पश्चिम चंपारण जिला भी संक्रमण की चपेट में और जाने माने अभिनेता इरफान खान का मुंबई में निधन

मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अंतर राज्यीय आवागमन को सुगम बनाने को कहा गया है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 केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार गंतव्य स्थलों पर पहुंचने के बाद उन्हें घर या अस्पताल में क्वारेंटीन किया जाना चाहिए

पिछले तीन दिनों में कोविड उन्नीस से संक्रमित मरीजों की दर दोगुनी होने में दस दशमलव नौ दिन लगे हैं उन्होंने कहा कि पिछले सात दिन में यह दर दोगुनी होने में दस दशमलव दो और पिछले चौदह दिन में आठ दशमलव सात दिन लगे डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश के तीन सौ सात जिले संक्रमण मुवत यानी ग्रीन जोन में हैं

उन्होंने कहा कि इनकी संख्या में रोजाना बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के छब्बीस नये मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर तीन सौ बानवे हो गयी है आज जो नये मामले सामने आये हैं उनमें से बारह बक्सर जिले के नया भोजपुर से जबकि पांच मामले पश्चिमी चंपारण के योगापट्टी से हैं रोहतास जिले के सासाराम स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल के भी दो कर्मी पॉजिटिव पाये गये हैं दरभंगा से चार जबकि बेगूसराय से दो और पटना से एक मामलों की पुष्टि हुई है पश्चिम चंपारण मे पहली बार कोविड उन्नीस का मामला सामने आया है जिससे प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर उनतीस हो गयी है चौंसठ मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि दो की मृत्यु हुई है अभी तीन सौ छब्बीस मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार तैंतालीस प्रवासी लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है प्रदेश के छह जिले मुंगेर पटना नालंदा रोहतास सिवान और बक्सर के हॉट स्पॉट वाले क्षेत्रों से दो सौ अड़सठ मामले सामने आये हैं इधर देश में कोविड उन्नीस से संक्रमित लोगों की संख्या इकतीस हजार सात सौ सतासी हो गई है जबकि इस महामारी से एक हजार आठ लोगों की मौत हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में कहा गया है कि इस बीमारी से संक्रमित बाईस हजार नौ सौ बयासी लेगों का इलाज चल रहा है अब तक सात हजार सात सौ संतानवे लोग स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छूट्टी दी जा चुकी है प्रदेश में घर घर चलाये जा रहे सर्वे अभियान के तहत अब तक चार करोड़ से अधिक लोगों से स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां ली गयी हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि पचहत्तर लाख से अधिक घरों क सर्वे हो चुका है इनमें तीन हजार एक सौ तिहत्तर ऐसे लोग मिले हैं जिनमें सर्दी खांसी और बुखार पाया गया है उन्होंने बताया कि दो हजार से अधिक संदिग्ध लोगों के नमूने एकत्र किये जा चुके हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिये कल से सभी जिलों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करवायी जायेगी श्री पांडेय ने कहा कि संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला किया गया है पहले सिर्फ उन जिलों में स्वीनिंग हो रही थी जहां पॉजिटिव मामले सामने आये थे

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व महासचिव डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि कोविड उन्नीस से मुक्त हुए लोग इस तरह की समस्या के कारण कलंक का सामना कर रहे हैं सरकार बार बार लोगों से अपील कर रही है कि ठीक हए लोगों को परेशान न किया जाए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

पांच परसेन्ट या उससे कम याले हैं जोकि दाखिल होना पड़ता है फर्क आप नहीं कर पाएगे सैंटल आप हो जाएगे लेकिन इसका वचाव अपने लिए जिससे होस्पिटलाइजेशन की नौवत न आए और उससे ज्यादा दूसरों को न लगे क्योंकि ये जरूरी नहीं कि किसी इंसान को हत्के रूप में कोरोना वायरस हआ है जिससे उस इंसान को लगेगा वो भी हत्का ही होगा वो इतना तीखा हो सकता कि यो जानलेवा भी हो सकता है तो वो जानना जरूरी है

केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश में आवश्यकता से अधिक अनाज उपलध है नई दिल्ली में संवाददाताओं को उन्होंने बताया कि नरेग्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी है उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बावजूद देश की अर्थव्यव्सथा में कृषि क्षेत्र के योगदान में बह्त कमी नहीं आयेगी

उन्होंने कहा कि लेकडाउन के दौरान किसानों को सत्रह हजार नौ सौ छियासी करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं श्री तोमर ने यह भी जानकारी दी कि अनाज की कोई कमी नहीं है और पूर्णबंदी के दौरान द्रध तथा सब्जियां भी उपलध रही हैं केन्द्र सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि में उपलब्ध करवायी जा रही सहायता से लोगों को जीवन यापन में काफी सह्लियत हो रही है आकाशवाणी के साथ कुछ लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किये

श्री पांडेय ने कहा कि दो प्रतिशत लोग ही लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं जिनसे निपटने के लिये बिहार पुलिस पूरी तरह सक्षम है

इनमें प्रखंड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा प्रभारी और वरीय कोषागार पदाधिकारी भी शामिल हैं औरंगाबाद के रफीगंज में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में पुलिस ने तीन दुकानों को सील कर दुकानदारों को गिरफ्तार किया है वैशाली जिले में लॉकडाउन में मिली छूट के बाद सोलह प्रखंडों में विकास कार्य शुरू किये गये हैं जिले में मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी अशोक कुमार राय ने बताया कि बाहर से आये पांच सौ से अधिक मजदूरों को जॉब कार्ड देकर विभिन्न योजनाओं के तहत काम दिया गया है शिवहर जिले में लॉकडाउन के दौरान समीक्षा के बाद नौ हजार से अधिक राशन कार्ड स्वीकृत किये गये हैं जबकि चार हजार कार्डधारियों का सत्यापन किया गया है नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एचएन प्रसाद को पटना विश्वविद्यालय और पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह को दरभंगा के कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति का अंतरिक्त कार्यभार सोंपा गया है कुलाधिपति कार्यालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है जाने माने अभिनेता इरफान खान का आज सुबह मुंबई के एक अरपताल में निधन हो गया चैवन वर्षीय इरफान कैंसर से पीड़ित थे दो हजार अठारह में उनमें न्यूरोएंडोक्राइन ट्र्मर का पता चला था चार दिन पहले ही इरफान खान की मां का निधन हुआ था पेट में संक्रमण के बाद उन्हें एक अरपताल में गहन जांच इकाई में भर्ती किया गया था

उनकी फिल्म लाइफ ऑफ पाय ने बड़े पैमाने पर सफलता हासिल की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है

पश्चिम चंपारण जिला भी संक्रमण की चपेट में और जाने माने अभिनेता इरफान खान का मुंबई में निधन